आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पिछले लोकसभा चुनाव से अधिक सीटों की मांग की

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र क्शवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी का गठबंधन भाजपा और लोजपा के साथ है न कि जदयू के साथ श्री कुशवाहा आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने कहा कि वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिलेंगे महागठबंधन में शामिल होने से जुड़े एक सवाल के जवाब में श्री कुशवाहा ने कहा कि लालू प्रसाद अब इतिहास की बात हो चुके हैं रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के बयान पर जदयू ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि कुछ लोग जदयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाते हैं पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि कौन क्या कहता है इससे उनकी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पटना के पुलिस लाईन में पिछले दिनों हये हंगामे और उपद्रव की जांच रिपोर्ट पटना प्रक्षेत्र के पूलिस महानिरीक्षक नैयर हसनैन खां ने पूलिस मूख्यालय को सौंप दी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट में पटना के वरीय पूलिस अधीक्षक मनु महाराज और पुलिस अधीक्षक स्तर के तीन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगी गयी है सिटी एसपी डी अमरकेश पटना पूर्वी एसपी राजेन्द्र भील और पटना पश्चिमी के एसपी रविन्द्र कुमार से भी मामले में जवाब तलब किया गया है इन सभी अधिकारियों से पूछा गया है कि पुलिस लाईन में आप कितना समय देते हैं और जवानों की किन किन समस्याओं का आपने निराकरण किया है इधर हंगामे के बाद बर्खास्त किये गये सिपाही आज मुख्यमंत्री आवास के समक्ष प्रदर्शन करने पहुंच गये सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदर्शन के लिए पहुंची कुछ महिला सिपाहियों को हिरासत में लिया गया है पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है बिहार पुलिस और अग्निशमन सेवा में सिपाही के ग्यारह हजार आठ सौ पैंसठ पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है इन पदों के लिए पच्चीस नवम्बर और दो दिसम्बर को परीक्षा होनी थी केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्त्ती ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने नोटबंदी के फैसले को नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला बताते हये कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को और गति मिली है श्री राय ने कहा कि इस फैसले से आयकर दाताओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और डिजीटल लेन देन के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है उन्होंने कांग्रेस पर नोटबंदी को लेकर आम लोगों के बीच गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया प्रदेश में पन्द्रह नवम्बर से धान की सरकारी खरीद की जायेगी सरकार द्वारा इस बार धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है पेट्रोल और डीजल के दामों के कमी का सिलसिला लगातार जारी है आज पेट्रोल के दाम में पन्द्रह पैसे और डीजल के दाम में सोलह पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है आज पटना में पेट्रोल इक्यासी रूपये अस्सी पैसे और डीजल पचहत्तर रूपये इक्यासी पैसे प्रति लीटर है आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है इधर मंजू वर्मा के वकील ने उन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया है चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज का त्योहार पूरे प्रदेश में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर कलम दवात की पूजा की गयी पटना के नौजर घाट स्थित आदि चित्रगुप्त मंदिर गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी अनिसाबाद स्थित चित्रगुप्त समाज मंदिर और कंकड़बाग स्थित चित्रगुप्त मंदिर समेत विभिन्न स्थानों पर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गयी गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत कई विधायकों और विधान पार्षदों ने पूजा अर्चना की वहीं भाई दूज के अवसर पर बहनों ने अपने भाईयों की लम्बी उम्र और उनके सुख समृद्धि की कामना की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच से जच्चा बच्चा मृत्यु दर के मामलों में कमी आ रही है हमारे शेखपुरा संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट संवाददाता शेखपुरा जिले में सरकारी अस्पतालों में हर महीने की नौ तारीख को इस अभियान के तहत गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाती है इससे गर्मवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय होने वाली बीमारियों से बचाने शरीर में खून की कमी की समस्या दूर करने में मदद मिल रही है

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर माह औसतन एक से डेढ हजार महिलाओं की जांच की जाती है आकाशवाणी समाचार के लिए शेखपुरा से निरंजन कुमार छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुये पूर्व मध्य रेलवे कल मुम्बई से पटना के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन करेगा यह ट्रेन मुम्बई से दिन के ग्यारह बजकर पांच मिनट पर खुलेगी और अगले दिन शाम तीन बजकर बीस मिनट पर पटना पहुंचेगी वहीं पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से सहरसा के लिए जाने वाली जनहित एक्सप्रेस में कल और परसों के लिए वातानुकूलित चेयर कार और शयनयान के एक एक अतिरिक्त कोच लगाये गये हैं दरभंगा से पूणे साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में भी द्वितीय और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के एक एक अतिरिक्त कोच लगाये गये हैं समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजीरपुर गाँव में मिटटी काटने के दौरान मिट्टी में दबकर चार लोगों की मौत हो गई और छह अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये घायलों का इलाज समस्तीपूर सदर अस्पताल में चल रहा है जिला प्रशासन ने मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की है स्थानीय सांसद नित्यानंद राय ने मृतकों के परिजनों से मूलाकात कर उन्हें सांत्वना दी इधर नालंदा जिले के डिहरा गांव में एक मकान की दीवार गिरने से दबकर दो बच्चियों की मौत हो गयी और एक अन्य घायल हो गया मूजफ्फरपूर पूलिस ऑफिसर्स परिवार की ओर से खगड़िया के पसराहा के शहीद थानाध्यक्ष आशीष क्मार सिंह के परिजनों को छह लाख बत्तीस हजार रूपये का चेक सौंपा गया उत्तर प्रदेश से आ रही पछ्आ हवा के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों के तापमान में दो से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आयी है राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे गिरकर चौदह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है गया का न्यूनतम तापमान दस दशमलव आठ और भागलपूर तथा पूर्णियां का पन्द्रह पन्द्रह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और लोगों को सुबह तथा शाम में ठंड का एहसास होगा पटना के जानीपुर इलाके में अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की घर में घूस कर हत्या कर दी पूलिस ने बताया कि पैसे के विवाद को लेकर यह हत्या हुई है वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के जरूआ मोड के पास सडक दुर्घटना में एक यूवक की मौत हो गयी वहीं सीतामढी जिले के रून्नीसैदपूर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर गांव में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित त्रिमुहान से पूलिस ने इनामी मानव तस्कर रोहित मूनि को गिरफ्तार कर लिया है बक्सर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे एक एचआईवी पीड़ित कैदी की मौत हो गयी अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के लतहा में पुलिस ने एक सौ बीस बोतल नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के नौतन सेमरिया मुख्य मार्ग से पुलिस ने एक कार से साठ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पिछले लोकसभा चूनाव से अधिक सीटों की मांग की